मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में निम माउंटेनियरिंग समिट का किया शुभारंभ विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरीकी राष्ट्रपति ने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में आयोजित नमस्ते ट्रंप समारोह में एक लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित किया समारोह में उनका भव्य स्वागत किया गया इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों के विकास और समृद्धि का नया दस्तावेज बनेगा उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति विकास और सुरक्षा में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं

उन्होंने कहा कि आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी चलाई जा रही रहा है आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क ही नहीं बन रहा बल्कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा सेनीटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है

अमेरिका भारत का सम्मान करता है और अमेरीका के लोग हमेशा भारत के लोगों के सच्चे और निष्ठावान दोस्त रहेंगे उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत अपने देशों को मजबूत और सम्पन्न बनाएंगे मोटेरा स्टेडियम में कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उनका परिवार आगरा के लिए रवाना हो गया जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया और तस्वीरें खिंचवाईं इससे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया

साबरमती आश्रम तक और फिर मोटेरा स्टेडियम जाते समय भी कलाकार मार्ग में अपनी प्रस्तुतियां पेश कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबररमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की वहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीक चरखे पर सूत काता राष्ट्रपति ट्रंप ने साबरमती गांधी आश्रम की विजिटर बुक में इस अदभुत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया

मुख्यमंत्री आज दोपहर हेलीकॉप्टर से मातली हेलीपैड पहुंचे यहां से वे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहुंचे और माउंटेनियरिंग समिट में शिरकत की

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जनपदवासियों को बधाई दी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे कृषि उत्पादों की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने लगी है अब जरूरत है उत्पादन बढ़ाने की जिससे राज्य आर्थिकी भी मजबूत होगी राज्य स्तरीय इस सरस मेले में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादन विपणन के लिए लाया गया है

सरस मेले के आयोजन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की सीधी बिक्री और थोक रूप में विपणन की स्विधा उपलब्ध कराना है स्टेडियम शिलान्यास प्रदेश के खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का शिलान्यास किया

उन्होंने कहा प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार अनेक कार्य कर रही है इस मौके पर श्री पांडेय ने कहा कि गदरपुर में जल्द ही महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत डोईवाला में स्कूली बच्चों ने रैली निकाला रैली का विषय भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता थी रैली के बाद सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता विषय पर छात्रों की एक पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई रुर्बन मिशन पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विकास खंड में आदिवासी समृह के तौर पर पहेनिया न्याय पंचायत के सात गांवों का चयन किया गया है इसी के तहत पहेनिया हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर का गठन किया गया जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है

इसमें मुख्य रूप से थारू आदिवासी जनजाति की महिलाएं शामिल हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिमांशु जोशी ने बताया की केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी पुरातन दस्तकारी विधा और कला की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है उन्होंने बताया की गांवों के विकास के लिए स्वच्छता शिक्षा और स्वास्थ्य जल एवं ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं

मुख्यमंत्री से सोमवार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष एस एस संधू ने शिष्टाचार भेंट की उन्होंने बताया कि जल्द ही देहरादून से दिल्ली के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र ढाई घंटे में पूर्ण की जा सकेगी इस राजमार्ग में एलिवेटेड रोड और मोहंड के पास एक नई सुरंग प्रस्तावित है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजमार्ग निर्माण में एनएचएआई की हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी हाईकोर्ट सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई आज केंद्रीय परिवहन अंडर सेकेट्री सुदीप दत्ता सुनवाई में व्यग्तिगत रूप से पेश हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रोडवेज की परिसंपत्तियों और बकाया धनराशि के लेनदेन के लिए एक सप्ताह में वो दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों को बुलाकर निर्णय लेंगे